बातचीत में दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत काम करने वाले समूह भाग लेंगे इस बातचीत से प्रधानमंत्री को इन समूहों के सदस्यों से सीघे तौर पर यह जानने का अवसर मिलेगा कि वे किन गतिविधियों में लगे हुए हैं और ऐसी गतिविधियों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है यह बातचीत दूरदर्शन और एनआईसी वेबकास्ट पर भी उपलब्य होगी मुख्यमंत्री दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला ज़िले के चौपाल क्षेत्र के प्रवास पर जाएंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे

बलदेव तोमर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर ने सिरमौर ज़िले के पांवटा में मंत्रिमंडल द्वारा नगर नियोजन कार्यालय खोलने को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि इससे लोगों को अपने मकान के नक्शे पास करवाने सहित अन्य कार्यों को लिए नाहन नहीं जाना पड़ेगा

कोटला बड़ोग में गौ अभ्यारण्य की आधारशिला रखने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया प्रशिक्षण सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शिमला जिले के मशोबरा विकास खंड की बलोग पंचायत में योजना कियान्वयन के लिए कल से तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने योजना के तहत इस गांव का चयन किया है शिविर के दौरान विभिन्न विमागों के अधिकाररियों को योजना के प्रारूप के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज बादल छाए हुए हैं जनजातीय जिले किन्नौर में बीती रात हल्की से दरमियानी बारिश हुई

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है पंचायत प्रधानों फॉरेस्ट अफसरों ने भी कब्जा ली वन भूमि एमिकस क्यूरी ने हिमाचल हाईकोर्ट में खोली प्रदेश सरकार की कागजी कार्रवाई की पोल पंजाब केसरी के शब्द हैं एमिक्स क्यूरी के सुझावों पर रिपोर्ट दायर न करने पर सरकार को फटकार डेंगू के प्रकोप पर दिव्य हिमाचल ने खबर दी है बिलासपुर में डेंगू ने सात और लिटाए सरकार संवारेगी पहाड़ी गांधी का घर शीर्षक से खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है जबकि पंजाब केसरी का शीर्षक है सरकार पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम के घर को स्मारक बनाने को तैयार दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार स्मारक बनेगा बाबा कांशी राम का प्राचीन घर दैनिक भास्कर की एक खबर है आठ साल से बिजली बोर्ड के दफ्तरों में बैठे अफसरों की फील्ड में लगेगी डयूटी बिजली बोर्ड में पहली बार सरकार करेगी रेशनलाइजेशन मांगी रिपोर्ट इसी समाचार पत्र के मुताबिक गोदाम से राशन न उठाने वाले डिपुओं के लाइसेंस रद्द होंगे क्या अब मार्गदर्शक ही होंगे वीरमद्र स्टोक्स शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है दोनों बुजुर्ग नेताओं को जान बूझकर रखा गया पाटिल के दौरे से दूर जबकि अमर उजाला ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के हवाले से लिखा है वीरभद्र की नाराजगी का पता लगाकर राहुल गांधी को दूंगी रिपोर्ट आपका फैसला ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार के हवाले से लिखा है शिमला में राज्य कैंसर संस्थान स्वीकृत करे केंद्र

मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है हिमाचल में आज भारी बारिश होने के आसार नदी और नाले उफान पर अमर उजाला के मुताबिक हिमाचल के कई क्षेत्रों में भारी बारिश आज भी चेतावनी एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय हिमाचल की उपलब्धी में लिखा है कि विकट मोगौलिक स्थिति में ईज ऑफ डूईंग बिजनिस की रैंकिंग में तेजी से बढ़ते प्रदेशों में हिमाचल का पहला स्थान हासिल करना बड़ी उपलब्धी है